प्रधानमंत्री ने रेडियो को संचार का सबसे प्रभावशाली माध्यम बताते हुए कहा कि पहुंच और व्यापकता के लिहाज से कोई भी माध्यम रेडियो की बराबरी नहीं कर सकता

श्री मोदी ने कहा कि आकाशवाणी के एक सर्वेक्षण के अनुसार मन की बात कार्यक्रम से समाज में सकारात्मकता को प्रोत्साहन मिला है उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से समाज में जन आंदोलनों को बढ़ावा मिला है श्री मोदी ने कहा कि मन की बात में स्वच्छता सड़क स्रक्षा और मादक पदाथ मुक्त भारत सेल्फी विद डॉटर जैसे विषयों को मीडिया ने नये तरीके से एक अभियान का रूप देकर आगे बढाने का काम किया है प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मन की बात के माध्यम से रेडियो और अधिक लोकप्रिय हो रहा है मन की बात के माध्यम से बड़े पैमाने पर जन आंदोलनों को बढ़ावा मिला है

मुझे यह देखकर खुशी हुई कि मन की बात के कारण रेडियो और अधिक लोकप्रिय हो रहा है मैं मन की बात परिवार के आप सभी सदस्यों को इस पर विख्वास जताने और इसका हिस्सा बनने के लिए अन्तरूकरणपूर्वक धन्यवाद देता हूं श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम शुरू करते समय ही उन्होंने निश्चय किया था कि इस कार्यक्रम में राजनीति की नहीं सामाजिक चर्चा की जाएगी उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि अपने किसी निकट साथी से सवाल पूछता महसूस करता है और यही सच्चा लोकतंत्र है प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में आवाज भले ही उनकी हो लेकिन व्यक्त भावनायें देशवासियों की होती हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कोशिश की जाती है कि मन की बात में जिन पत्रों और टिप्पणियों को शामिल नहीं किया जा सका है उन पर संबंधित विभाग ध्यान दें उन्होंने मीडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया के कारण यह कार्यक्रम अधिकतम लोगों तक पहुंच सका है प्रधानमंत्री ने कहा कि कल संविधान दिवस है और यह उन महान विभूतियों को स्मरण करने का एक अवसर है जिन्होंने व्यापक और विस्तृत संविधान दिया प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे संविधान में निहित मूल्यों को आगे बढ़ायें और देश में शांति प्रगति तथा खुशहाली के प्रयास करें संविधान सभा देश की महान प्रतिभाओं का संगम थी उनमें से हर कोई अपने देश को एक ऐसा संविधान देने के लिए प्रतिबद्ध था जिससे भारत के लोग सशक्त हों गरीब से गरीब व्यक्ति भी समर्थ बने हमारे संविधान में खास बात यही है कि राइट्स एंड डयूटीस इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है नागरिक के जीवन में इन्हीं दोनों का तालमेल देश को आगे ले जाएगा

उन्होंने कहा कि गुरु नानक ने पूरी मानवता के कल्याण के लिए सोचा और देश उनके प्रकाश पर्व को भव्य रूप से मनाएगा

श्री मोदी ने खच्छ भारत योग और महिला सशक्तीकरण की बात भी कई कडियों में की है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा का विस्तार से उल्लेख करते हुए लोगों से फिट इंडिया चुनौती में शामिल होने का आहवान किया था श्री मोदी की यह बात विद्यार्थियों के मन को छू गई थी कि परीक्षा के दौरान तनाव नहीं रहना चाहिए और इसे एक उत्सव की तरह लेना चाहिए प्रधानमंत्री ने कई खिलाडियों की भी मन की बात में तारीफ की है उन्होंने वर्षा जल संचयन अंगदान दिव्यांग सशक्तीकरण और पराली जलाने जैसे मुद्दों पर भी इस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा की है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ क्षेत्रीय समाचार एकांश लखनऊ आज रात मन की बात कार्यक्रम के पचासवीं कड़ी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र के नाम सम्बोधन पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा इसे शाम सात बजकर पैंतालीस मिनट से आकाशवाणी लखनऊ के प्राइमरी चैनल पर सुना जा सकेगा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

अयोध्या में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की धर्मसभा आज शांति पूर्वक सम्पन्न हो गई सभा को चित्रकूट के जगतगुरू रामानंदाचार्य स्वामी राम भदाचार्य जगतगुरू रामानंदाचार्य हंस देवाचार्य महंत रविन्द्रपुरी हरिद्वार सहित अनेक संतों ने सम्बोधित किया सभा स्थल पर परिषद के हजारों कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में राम भक्त उपस्थित रहे जिसम महिलाओं की भी भागीदारी रही धर्म सभा स्थल पर मंदिर समर्थक नारे लगाये गये सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि बड़ी संख्या में राम भक्तों ने धर्मासभा में एकत्र होकर राम मंदिर के निर्माण के प्रति संकल्प दोहराया है और अब सरकार राम मंदिर निर्माण में शीघ्रता करे इससे पहले शिवसेना प्रमुख उद्वव ठाकरे ने प्रेस वार्ता करके केन्द्र सरकार से राम मंदिर निर्माण जल्द से जल्द कराने का आहवान करते हुए कहा कि यदि संसद में मंदिर बनाने के लिये कानून लाया जायेगा तो शिवसेना उसका समर्थन करेगी इस बीच राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी जिसके मद्देनज़र जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये प्रदेश सरकार ने अयोध्या में प्रस्तावित भगवान श्रीराम की विशाल प्रतिमा के चित्र का अनावरण किया

अपर मुख्य सचिव सूचना एवं पर्यटन अवनीश अवस्थी ने बताया कि अयोध्या में लगने वाली विशालकाय मूर्ति की स्थापना के लिये कुल पांच वास्तुविद फर्मों को छाटा गया है इन फर्मों ने अपना प्रजेंटेशन मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार भगवान श्रीराम की कुल दो सौ इक्कीस मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित होगी इसमें एक सौ इक्यावन मीटर ऊंची भगवान श्रीराम की मूर्ति होगी जिसके ऊपर बीस मीटर ऊंचा छत्र होगा इसके साथ ही प्रतिमा का पचास मीटर का आधार होगा जिसके अन्दर ही भव्य और अत्याध्रनिक म्यूजियम होगा मूर्ति लगाने का काम पर्यटन विभाग करेगा जिसके लिए भूमि चयन की प्रक्रिया जारी है उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने राम मंदिर मुददे पर आज कहा कि सभी लोग मिलकर चाहते ह कि श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में एक अच्छा हल निकले उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय से इस मामले पर जल्द ही निर्णय हो जायेगा